गोविंद सिंह वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों से पौधरोपण को जनआंदोलन बनाने का आहवान किया है कुल्लू जिला के भुंतर के समीप बशौणा में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पौधरोपण से जोड़ने के लिए विद्यार्थी मित्र योजना शुरू की जा रही है गोविंद ठाकुर ने बताया कि इसके तहत विद्यार्थी शिक्षण संस्थानों के आसपास खाली जमीन पर पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल भी सुनिश्चित करेंगे श्रीखंड यात्रा प्रसिद्ध श्रीखंड यात्रा के तहत कुल्लू जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को आज पार्वती बाग तक जाने की अनुमति दे दी है पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के मुताबिक इस यात्रा के लिए पंजीकरण प्रकिया भी शुरू कर दी गई है उल्लेखनीय है कि यात्रा मार्ग में भू स्खलन होने पर यात्रा रोक दी गई थी जागरूकता प्रदेश के लोगों को आरटीआई कानून के बारे में जागरूक करने के लिए इन दिनों प्रदेश भर में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत समी जिलों में विमाग के कलाकार गांव गांव जाकर लोगों को इस कानून के बारे में जागरूक कर रहे हैं इसी कड़ी में कल लाहौल स्पिति के मन्नत कला मंच के कलाकारों ने गैमूर और केलंग में लोगों को गीत संगीत और नाटक के माध्यम से आरटीआई के बारे में जागरूक किया मौसम दक्षिण पश्चिमी मॉनसून प्रदेश में लगातार सक्रिय बना हुआ है

मॉनसून की इस वर्षा के कारण नदी नालों में गाद का स्तर बढ़ गया है इस कारण राजधानी शिमला को भी पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने श्रीखंड यात्रा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है श्रीखंड मार्ग पर भू स्खलन पचास श्रद्दालू बाल बाल बचे

दिव्य हिमाचल लिखता है श्रीखंड यात्रा में दम घुटने से पुणे के एक श्रद्धालु की मौत

दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक शिमला की सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों पर खड़े नहीं किए जा सकेंगे वाहन उच्च न्यायालय ने वाहनों की पार्किंग पर लगाई रोक चीन के ग्लेशियरों से भारत में बन रहीं खतरनाक झीलें शीर्षक से अमर उजाला लिखता है शिमला में जलवायु परिवर्तन पर कार्यशाला में वैज्ञानिक बोले ब्लास्ट कर निकालना होगा समाधान इसी पत्र की एक अन्य खबर है तेईस लाख बिजली उपभोक्ताओं को झटका दस रूपये बढ़ा फिक्स चार्ज आपका फैसला राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हवाले से लिखता है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आता रहूंगा हिमाचल हिमाचल दस्तक का कहना है नशे के खिलाफ सफल नहीं हो पाने का खेद जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं आचार्य देवव्रत को आज विदाई देगा हिमाचल

नमस्कार